मुजफ्फरपुर और पटना में घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा

और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड तथा कनकनी बढ़ी

उन्होंने नई दिल्ली में प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि इस कानून के तहत गैर मुस्लिम शरणार्थी भारतीय के रूप में जीवनयापन करें यह सुनिश्चित किया जायेगा उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों पर कथित रूप से पुलिस अत्याचार वाली याचिकाएं पहले उच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए न्यायालय ने यह भी पूछा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बसों को कैसे जलाया गया प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की पीठ ने कहा है कि वे तथ्यों को जानने में समय नहीं लगाना चाहती और याचिकाकर्ताओं को पहले निचली अदालतों में जाना चाहिए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष बिना वजह हंगामा खड़ा कर रहा है श्री पासवान ने शेखपुरा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना भ्रम दूर करने के लिए कानून को बारीकी से समझने की जरूरत है मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर में पिछले दिनों जिंदा जलायी गयी युवती की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गयी इसके विरोध में मुजफ्फरपुर और पटना में स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया मुजफ्फरपुर में बैरिया चांदनी चौक और भगवानपुर में विरोध प्रदर्शन और आगजनी के कारण कई घंटे तक जाम लगा रहा प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करने पड़ा इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी लोगों तक सस्ती और सुगम ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए आज राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरूआत की इस कार्यक्रम का लक्ष्य दो हजार बाईस तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री प्रसाद ने कहा कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो यह देश को आगे बढ़ाने और पांच खरब की अर्थव्यस्था के लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार होगा उन्होंने कहा कि यह डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में उन्नीस करोड़ पौधे लगाये गये हैं इससे प्रदेश का हरित आवरण नौ से बढ़कर पन्द्रह प्रतिशत हो गया है मुख्यमंत्री आज जल जीवन हरियाली यात्रा के तीसरे चरण के तहत कैमूर जिले के मुंडेश्वरी धाम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने छियासठ हजार आठ सौ सत्तानवे लाख रुपये से अधिक की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया वहीं औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड में पारम्परिक जल स्रोतों के जीर्णोद्वार कार्य के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत अगले तीन वर्षो के भीतर साढ़े चौबीस हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे उन्होंने जीविका दीदीयों द्वारा सामूहिक रूप से की जा रही स्ट्रॉबरी की खेती के बारे में भी जानकारी ली मुख्यमंत्री ने रोहतास जिले के दिनारा में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभार्थियों का वाहनों की चाभी सौंपी राज्य में विद्युत शवदाह गृहों की स्थिति पर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जानकारी देने को कहा है इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को यह आदेश दिया प्रधानमंत्री आवास योजना मे उत्कृष्ट कार्य के लिए समस्तीपूर जिले के प्रसा प्रखंड के कुबौली राम ग्राम पंचायत के मुखिया और आवास सहायक को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है पूसा के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश रौशन ने बताया कि मुखिया रामबाबू सिंह और आवास सहायक सोनम कुमारी को उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्नीस दिसंबर को नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रीय प्रस्कार दिया जायेगा

मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने आकाशवाणी को बताया कि पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गयी है उन्होंने कहा कि अगले दो से तीन दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना है उन्होंने कहा कि रात के तापमान में सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है पटना आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान बारह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया प्रदेश के अधिकांश भागों में सुबह और शाम घना कोहरा छाये रहने की भी संभावना है इधर जिला प्रशासन ने ठंड में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर कल से पटना जिले में सभी स्कूलों का संचालन सुबह नौ बजे से तीन बजे तक करने का निर्देश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम की साठवीं कड़ी है प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक टवीट में कहा है कि श्री मोदी ने लोगों को उन विषयों पर अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन विषयों पर उन्हें इस कड़ी में संबोधित करना है लोग अपने संदेश एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य या नमो एप ओपन फोरम और माई गव पर भेज सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल या एसएमएस से प्राप्त लिंक पर अपने सुझाव दे सकते हैं यह सुझाव इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक दिये जा सकते हैं कुछ रिकार्डेड मैसेज का प्रसारण भी किया जा सकता है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का छप्पनवां स्थापना दिवस आज समारोहपूर्वक मनाया गया इस अवसर पर पटना स्थित एसएसबी के सीमांत मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया गया एसएसबी के आईजी संजय कुमार ने समारोह में नब्बे अधिकारियों तथा जवानों को उनके उत्कृष्ट और साहसिक कार्य के लिए अलंकरण और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया

बालक वर्ग में खेले गये उदघाटन मैच में भागलपूर की टीम ने भोजपूर को पराजित कर दिया वहीं बालिका वर्ग में मुंगेर की टीम ने पटना को हराया प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि देवी ने किया इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में सोलह और बालिका वर्ग में तेरह टीमें भाग ले रही हैं मधेप्ररा स्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया इस अवसर पर इक्कीस विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक चालीस को पीएचडी और दो सौ चौंतीस को स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की गई बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर जल्द ही सौ फुट ऊंचा तिरंगा फहराया जायेगा सोनपुर मंडल रेल परामर्शदात समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया समिति के सदस्य दिलीप कुमार सिन्हा ने बताया कि इस बैठक में बेगूसराय स्टेशन के सौंदर्यीकरण का भी फैसला किया गया है

चलती ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट या अन्य आपराधिक घटनाओं के संबंध में अब ऑनलाईन प्राथमिकी दर्ज की जा सकेगी राजकीय रेल पुलिस के डीआईजी ओमप्रकाश ने मुजफ्फरपुर में बताया कि अगले वर्ष एक जनवरी से यह व्यवस्था लागू हो जायेगी खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के मोरकाही गांव से पुलिस ने एक देसी राइफल और भारी मात्रा में विदेशी बरामद के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है

मुजफ्फरपुर और पटना में घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा

और पछ्आ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड तथा कनकनी बढ़ी